प्रधानमंत्री ने कहा इस कानून से नये भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा

इस मौके पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज एक स्मारक सिक्का का करेंगे लोकार्पण और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने दो पदक जीता

अधिसूचना में आर्थिक स्थिति को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गयी है बल्कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ी गयी है सरकार ही समय समय पर इसका निर्धारण करेगी इस कानून के तहत पहली बार गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलेगा इसके पूर्व संसद से पारित सवर्ण आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है गौरतलब है कि मंगलवार को इस विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया था जबकि राज्यसभा से ये विधेयक ब्रधवार को पारित हआ था इस आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के परिवार की सलाना आय आठ लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये साथ ही उनके पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि और एक हजार स्क्वायर फीट से बड़ा आवास नहीं होनी चाहिये प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण से नये भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा

ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को विफल प्रयोग बताया है

जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे अब आज जब कांग्रेस रसातल में है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर हैं तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं नई दिल्ली में रामलीला मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनता को तय करना है कि वह मजबूत सरकार चाहती है या गठबंधन वाली कमजोर सरकार

वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सकें इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों के माध्यम से अयोध्या मामले में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल झूठे आरोप लगाकर प्रधान न्यायाधीश पर महाभियोग चलाना चाहते थे

कांग्रेस को तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए इसके लिए भी उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को केवल एक वोटबैंक के रूप में देखा लेकिन मौजूदा सरकार किसानों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रयास कर रही है

किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरन्तर जारी है बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी सरकार का उद्देश्य है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत के लिए मेरा ब्रथ सबसे मजबूत का मंत्र अपनाना होगा नीति आयोग की ओर से जारी एस्पिरेशनल रिपोर्ट में एक सौ तेरह जिलों में औरंगाबाद चौथे और जमुई नौवें स्थान पर पहुंच गया है आयोग की रैंकिंग में पूर्णिया की स्थिति शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और ब्रनियादी सुविधा में छह माह में अठारह अंकों की बढ़ोतरी की है रैंकिंग में पूर्णिया नवासी स्थान से इकहत्तर स्थान पर जगह बनायी है जारी रिपोर्ट में एस्पिरेशनल जिलों की सूची में औरंगाबाद जिला इक्कीसवें स्थान से चौथे स्थान पर आ गया है गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ बावनवां प्रकाशोत्सव पटना सहित पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज दिवान साहेब में दशमेश गुरू के जन्म का मुख्य समारोह होगा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक स्मारक सिक्का का लोकार्पण करेंगे प्रकाश पर्व के मुख्य समारोह का आज आकाशवाणी पटना से सुबह नौ बजे से बारह बजे तक सीधा प्रसारण होगा राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन सौ बावनवें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी है पटना और भोजपुर जिलों में तीन सौ से अधिक बच्चे खसरा से पीड़ित हैं राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसके रोकथाम के लिये पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है स्वास्थ्य समिति ने अपने निर्देश में कहा है कि खसरा एक छुआछूत की बीमारी है इससे पीड़ित बच्चों के संपर्क में आने से अन्य बच्चों में इसका संक्रमण होने का खतरा है ऐसे में पीड़ित बच्चों को परिवार से अलग करके इलाज कराया जाय साथ ही इसके रोकथाम के लिये पीड़ित बच्चों को बिटामिन ए का खुराक देने का परामर्श दिया गया है राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई इलाकों में कनकनी बढ़ गयी है भागलपुर जिले का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं गया का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि तापमान में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है पूणे में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने दो पदक जीता है इस प्रतियोगिता के भारोत्तोलन स्पर्धा में जहानाबाद के भोला कुमार ने रजद पदक जबकि बालिकाओं की तैराकी में माही श्वेता राज ने कांस्य पदक जीता है श्वेता ने तैराकी के सौ मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया मोदी बोले विपक्षी दल अपने करतूतों से डरे दैनिक जागरण का शीर्षक है प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार जनता से पूछा चोरी कर परिवार में बांटने वाला सेवक चाहिये या भ्रष्टाचार मिटाने वाला

प्रधानमंत्री ने कहा इस कानून से नये भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा

इस मौके पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज एक स्मारक सिक्का का करेंगे लोकार्पण और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने दो पदक जीता